उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में उनकी सरकार ने समाज के निर्धन और मध्यवर्ग को अपना मकान देने के हरसंभव प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के शिरडी में श्री साई मंदिर परिसर में विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्हॉने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के ढाई लाख से अधिक लाभान्वितों को मकान की चामियां सौंपी लाभान्वितों से बीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत में उन्होंने विजयदशमी के पावन अवसर पर लोगों के सपने साकार करने का मौका पाने पर प्रसन्नता प्रकट की प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्ष में एक करोड़ पच्चीस लाख आवास का निर्माण किया है जबकि पिछली सरकार इस अवधि में केवल पच्चीस लाख मकान बना पाई थी श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के लिए ऐसा माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है जिसमें उन्हें अपने उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके उन्होंने कहा कि इसके लिए केन्द्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है आज सकेरे शिरडी पहुंचने पर श्री मोदी सबसे पहले साई मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की श्री साईबाबा समाधि के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की चौबीस तारीख को नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए देश भर से पेशेवरों विशेषज्ञों और प्रौद्यागिकीविदों को आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि नये भारत के निर्माण में सूचना प्रोद्योगिकी और इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की आशा है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तकनीकी व्यवस्था से सीमा पर सुरक्षा और मजबूत की जाएगी आज विजयदशमी पर राजस्थान के बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के शस्त्र पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा सीमा सुरक्षा को और चुस्त द्रुस्त बनाने के लिए और साथ ही साथ हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों का तनाव कम हो लगातार उनको सीमा पर खड़े न रहना पड़े इसके हम तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं शस्त्र पूजन कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादियों की घ्सपैठ की रोकथाम के लिए सेना पुलिस और अन्य बलों के बीच समुचित तालमेल है आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना और अन्य सुरक्षाबल आतंकवाद से निपटने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय के विजय का पर्व विजयादशमी आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में परम्परागत ढंग से धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रदेश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में आज दशहरा मेलों के आयोजन किए गये हैं इन मेलों में ब्राई अन्याय और अनाचार के प्रतीक रावण कृम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जा रहे हैं विभिन्न स्थानों पर आयोजित रामलीला में भी आज रावण वध के प्रसंग के मंचन किए जा रहे हैं कई स्थानों पर शोभायात्राए निकाली जा रही हैं दशहरा पर्व पर गोरखप्र स्थित गोरखनाथ मंदिर द्वारा आज निकाले जाने वाली शोभायात्रा में गोरक्षपीठ के महन्त और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा ले रहे हैं दशहरा पर्व पर आज कई स्थानों पर शस्त्र पूजन किए जाने के समाचार हैं वाराणसी के रामनगर किले में आज अस्त्र शस्त्रों के पूजन के बाद वहां से एक जुलूस निकाला गया उधर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी शुरू हो गया है प्रदेश भर में विभिन्न नदियों के तटो सरोवरों तथा अस्थायी रूप से बनाए गये पोखरों में मॉ दूर्गा की प्रतिमाए विसर्जित की जा रही हैं प्रतिमाओं के विसर्जन के मद्देनजर राज्य के विभिन्न जिलों में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं क्छ स्थानों पर अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गये हैं विजयादशमी के पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदशेवासियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए उनके सुख और समृद्वि की कामना की है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व सद्मार्ग पर चलने एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर को ओ डी एफ घोषित कर दिया गया है गोरखपुर के जिलाधिकारी ने इस सम्बंध में जिला पंचायती राज अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र सौंपा है जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में तेरह सौ बावन ग्राम पंचायतें हैं जिनमें उन्तीस सौ सत्तावन राजस्व गांव आते हैं इन गांवों में शौचालयों का निर्माण युद्व स्तर पर कराया गया है उन्होंने बताया कि अठहत्तर प्रतिशत निर्मित शौचालयों की डिटेल और फोटो अपलोड कर दी गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि जिले को दो अक्टूबर को ओ डी एफ घोषित करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन कुछ कारणों से इसमें विलम्ब हुआ